प्रदेश में कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर पंद्रह सौ के करीब पहुंच गई है

एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि यह दावा झूठा है और रेल मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है

की बैठक में कहा कि वायरस से आमजनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता कदम उठाए जाएं